सदस्यों ने अध्यक्ष के सुझाव का स्वागत किया और चर्चा कराने पर सहमति जताई

जलवायु परिवर्तन और वायु प्रद्यषण पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांटों को बंद कर दिया है

श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने शहर के लिए योजना बनाई है

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान उत्तर देते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रेलवे का वाणिज्यिकरण किया जा रहा है उन्होंने जोर दिया कि रेलवे पर सरकार का पूरा नियंत्रण और मालिकाना हक रहेगा

इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री पूनिया ने बताया कि उन्होंने राज्य से जुड़े कई मुद्दे प्रधानमंत्री के सामने रखे है उन्होंने कहा कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित कई योजनाओं का राज्य सरकार की ढिलाई के कारण प्रदेश में कियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है उन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण के मसले पर भी उन्होंने जनता का पक्ष प्रधानमंत्री के सामने रखा है

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने कश्मीर को लेकर दुष्प्रचार किया जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया आज जयपुर में उन्होंने कहा कि अयोध्या मुद्दे को भी कांग्रेस ने उलझाने का काम किया श्री हसैन ने कहा कि देश में बडी संख्या में गरीब लोग रहते है और देश के संसाधनों पर पहला हक उन्हीं का है इसलिए देशभर में एनआरसी की जरूरत है श्री हसैन ने प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस का शासन आते ही देंगे बढ़ जाते है उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार को कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए

इसी कारण पंचायत पुनर्गठन और पुर्नसीमांकन का कार्य किया जा रहा है आज दौसा में उन्होंने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के बाद प्रदेश के निकाय चुनाव में जो परिणाम आये है उन से पता चलता है कि जनता ने भाजपा को अनदेखा किया है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एमबीसी सहित किसी भी आरक्षित वर्ग में छेड़खानी नहीं करेगी बाद में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने करौली जिले के आंधियां खेड़ा गांव में कश्मीर के शोपियां में शहीद हुए विकास सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण किया

कल तक नाम वापस लिये जा सकेंगे

इसके बाद अब कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला है

गौरतलब है कि इन निकायों में वार्ड पार्षदों के परिणाम सामने आने के बाद बोर्ड गठित करने के लिये सत्तारूढ़ कांग्रेस के साथ भाजपा भी अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी में लगी हयी है

ड्रॉफ्ट पॉलिसी में प्रदेश के निवासी को स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार से जोड़ने पर विशेष सहायता दी जाएगी और राज्य के उद्यमियों द्वारा राज्य के बाहर स्थापित किये गये स्टार्टअप को राज्य में लाने के विशेष प्रयास के तहत ऐसे उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा इसके तहत आईस्टार्ट को राज्य उद्योग मित्र से जोड़ा जाएगा इस पॉलिसी का उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है साथ ही आईस्टार्ट को राज्य में वन स्टॉप प्लेटफार्म के रूप में विकसित करना है

इस फिल्म का उद्देश्यं जलशक्ति अभियान को बढ़ावा देना और जल संरक्षण के प्रति लोगों में जागरुकता पैदा करना है

बाड़मेर में आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं अभियान के तहत ड्रॉप आउट बालिकाओं को सरकारी दफतरों का भ्रमण कराया गया

इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां भी होंगी

इन विस्थापितों को देश छोड़ने के नोटिस जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक और जोधपुर के विदेशी पंजीयन अधिकारी ने जारी किए है

बंगलादेश के चार खिलाड़ी बिना खाता खोलने पैवेलियन लौटे